तोमो रिबा स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलग्न के स्टेट वैक्सीन स्टोर में दिशानिर्देशों के अन्सार वैक्सीन रखी गई है राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहली खेप में कोविड के बत्तीस हजार ख्राक मिली है जिसमें से सोलह जनवरी से शुरु हो रहे कोविड टीकाकरण के लिए राज्य के अन्य जिलों के लिए आवश्यक वैक्सिन की खेप को रवाना कर दिया गया है पहले चरण में राज्यभर के तेईस हजार से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविड टीका लगाया जाएगा जिसमें दो हजार छह सौ अद्वारह स्वास्थ्यकर्मी ईटनगर राजधानी क्षेत्र में है गौरतलब है कि देशभर में सोलह जनवरी को कोविड टीकाकरण का श्भारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और प्रभावी तरीके से कोविड टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम में बदलाव करते हए अब इकतीस जनवरी से देशभर में पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएगी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड वैक्सीन ख्राक के आवंटन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव करने का सवाल नहीं हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने कई ट्वीट में कहा है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उनके स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या के अन्रुप कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके आवंटित किए गए है

पिछले चौबीस घंटे में इस महामारी के सोलह हजार नौ सौ छियालीस नये मामले दर्ज किए गए और सत्रह हजार पांच सौ से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हए हैं इस समय देश में इलाज करा रहे कोविड रोगियों की संख्या दो लाख तेरह हजार है पिछले चौबीस घंटों में देशभर में कोरोना से एक सौ अट्ठानबे मौत ह्ई है इधर अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कोविड संक्रमण का एक मामला दर्ज किया गया और चार रोगी स्वस्थ हए प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अट्ठावन रह गई है और कोविड रिकवरी दर बढ़कर निन्यानबे दशमलव तीन दो प्रतिशत हो गई है उधर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर के साइंटिस्ट डॉक्टर समिरन पंडा ने कहा है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों स्रक्षित है उन्होंने लोगों से देश में कोविड वैक्सीन को लेकर फैलाये जा रहे अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की

उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सड़क परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करना जरूरी है ताकि स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादों को नगरीय क्षेत्रों में समय पर पहंचाया जा सके उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत राज्य के द्र दराज के इलाकों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विकास परियोजनाओं को पारदर्शिता के साथ पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है

अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति पोंगल और बिह पर्व की शुभकामनाएं देते हुए राज्य में सुख शांति और समृद्धि की कामना की है अरुणाचल प्रदेश के परशुराम कंड में मकर संक्रांति पर लगने वाले मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र परशुराम कुंड में डुबकी लगाई और मंदिर में पूजा अर्चना किया